केन्द्र सरकार ने सभी सहकारी द्ग्ध संघों और निजी डेयरियों से दो अक्तूबर तक प्लास्टिक के प्रयोग की मात्रा घटाकर आधी करने को कहा है

हरियाणा प्लिस के सहायक उप निरीक्षक मंजीत ने चीन में आयोजित विश्व प्लिस और फायर गेम्स में कृश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है सीबीआई की विशेष अदालत क्छ देर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदम्बरम सीबीआई द्वारा मांगे गए पांच दिन के रिमांड पर फैस्ला सुनायेगी

उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे और प्रश्नों के उतर देने में भी आना कानी कर रहे है चिदम्बरम का पांच दिन का रिमांड मांगते हये सोलीससीटर जनरल ने कहा कि ये इतने बड़े घोटाले को उजागर करने के लिए जरूरी है चिदम्बर के वकीलों ने सीबीआई का यह कहकर विरोध किया कि इस मामले में चिदम्बरम के बेटे कार्तिक समेत सभी कथित आरोपियों की ज़मानत दी जा च्की है

देश में द्ध की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पश्पालन और डेयरी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हई एक बैठक मे यह जानकारी दी गई प्रधानमंत्री न्रेन्द्र मोदी दवारा स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा के मुद्देनज़र अमूल और मदर डेयरी को दूध की खाली थालियां को दूबारा इस्तेमाल करने हेतु कार्य योजना बनाने का अन्रोध किया गया था

बैठक में दूध की कंपनियों के साथ द्वा की उपलब्धता आपूर्ति कीमतों और आयायत व निर्यात के मुद्दों की भी समीक्षा की गई बैठक में राज्य सहकारी डेयरी संघों के संघों के वरिष्ठ अधिकारी मुख्य कार्यकारी और निजी डेयरियों के प्रबंध निदेशक शामिल थे

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नई चेतावनी पहली सितम्बर से लागू हो जायेगी पैकेट पर छपेन वाला अगला संदेश होगा तम्बाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह तम्बाकु का इस्तेमाल करने वालों के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद करता है और उन्हें व्यवहार में परिवर्तन के लिए परामर्श सेवाओं तक पहंच प्रदान करता है बयान में कहा गया है ध्रम्रपान और ध्रआ न छोड़ने न वाले तम्बाक् उत्पादों के लिए एक विशेष संयुक्त स्वास्थ्य चेतावनी होगी

म्ख्यमंत्री मनोहर लाल आज जन आर्शीवाद लेकर करनाल पहंचे थे उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल प्रदेश की जनता की सेवा करना है और आगे यह सेवा आपके आर्शीवाद से और ऊर्जावार बनकर करेंगे

हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन आर्शीवाद यात्रा के दौरान इन्द्री विधानसभा क्षेत्र में पहंचने पर मुख्यमंत्री ने उदयम सिंह चौक पर एक जन सभा को सम्बोधि किया

क्षेत्र में किये गये अन्य विकास कार्यो गिनाते हये उन्होंने कहा कि जय जन आर्शीवाद यात्रा प्रे हरियाणा की जनता की यात्रा है

मठ में पहंचने पर केन्द्रीय मंत्री का मंहत व अलवर से भाजपा सांसद बाबा बालक नाथ व सहकारिता मंत्री ग्रोवर ने स्वागत किया संजीव बालियान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से अपने सम्बोधन में भी विशेष तौर पर जनसंख्या नियंत्रण की बात कही थी उन्होंने कहा कि इस बारे में सबकों जाति व धर्म से ऊपर उठकर सोचना चाहिए

प्लिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने मंजीत की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हए कहा कि हरियाणा पुलिस के जवान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व प्लिस महकमे को नाम रोशन कर रहे हैं जिला चरखी दादरी के निवासी मंजीत ने भी विश्व प्लिस गेम्स में भाग लेने का सुअवसर प्रदान करने के लिए प्लिस महानिदेशक का धन्यवाद किया है हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की बधाई व श्भकामनाएं दी हैं जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर अपने एक संदेश में म्ख्यमंत्री ने कहा कि यह पवित्र त्योहार लोगों को भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाओं का स्मरण करने और सार्वभौमिक भाईचारे व शांति की भावना को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है उन्होंने कहा कि लोगों को इस पवित्र अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और शिक्षाओं का अनुसरण करने का संकल्प लेना चाहिए

हरियाणा सरकार कल राज्य के सभी जिलों में पेंशन अदालते आयोजित करेगी ये अदालते हरियाणा के वित्त्मंत्री कैप्टन अभिमन्यू की अध्यक्षता में केन्द्रीयकृत वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित की जायेगी एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन अदालतों में वित्त विभाग प्रधान महालेखाकर पेंशन आहरण सैल खजाना कार्यालय और एनआईसी के सभी पेंशन सम्बधित हितधारक एक सामान्य मंच पर उपलब्ध होंगे

भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दो मैचों की श्रंखला का पहला मैच आज एंटीक्आ के नोर्थ साउंड में होगी यह मैच भारतीय समय के अन्सार शाम सात बजे शुरू होगा आकाशवाणी इस बीच का हिंदी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया जायेगा